निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के वर्धा में भाषण के दौरान आदर्श च्नाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है आयोग ने एक बयान में कहा कि इस मामले में किसी भी तरह से आदर्शन आचार संहिता की उल्लंघना नहीं हुई है

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अम्बाला के बराड़ा में भाजपा प्रत्याशी रतन लाल कटारिया के पक्षमें रैनी की उन्होंने लोगों से अपील की कि लोकसभ प्रत्याशी रतन लाल कटारिया को भारी मतो से विजयी कर लोकसभा में भेजकर प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी कहते है कि वह देशद्रोह की धारा को कमज़ोर बनायेंगे

ऐसे मे देश व प्रदेश का कैसे भला हो सकता है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ग्रमीत राम रहीम ने पंजाब हरियायणा उच्च न्यायालय में दायर की अपनी वह याचिका वापस लेती है जिसमें उन्होंने अपनी दत्तक पृत्री की शादी में शामिल होने के लिये अपनी सज़ा के निलंबन की मांग की थी उनकी याचिका का राज्य सरकार और सीबीआई दोनों द्वारा कानून एवं व्यवस्था व अन्य कारणों का हवाला देते हये विरोध किया गया था उच्च न्यायालय ने इस मामले में कभी भी इस बारे कोर्ट नोटिस जारी नहीं किया जैसा कि मीडिया के एक हिस्से द्वारा कहा गया है उच्च न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने केवल सीबीआई के एक लीगल अधिकारी को डेरा प्रम्ख के आवेदन मे दिये गये तथ्यों की जांच करने को कहा था पीठ ने अपीलकर्ता के वकील को और अपीलकर्ता को इस बात की प्ष्ट जानकारी देने को कहा था कि अपीलकर्ता की दत्तक प्त्रियों सहित क्ल प्त्रियां है

पंचक्ला के उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा बलकार सिंह ने च्नाव डय्टी में लापरवाही के लिये चार कर्मचारियो को कारण बताओं नोटिस जारी किया है उपाय्क्त ने बताया कि जिनको कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है उनमें जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता विनोद पंचायती राज के कनिष्ठ अभियंता हरविन्दर सिंह व नरेन्द्र सिंह तथा नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता भूषण शामिल है उपाय्क्त ने बताया कि चूनाव खर्च के लोडल अधिकारी एवं उप आबकारी एवं कराधान आय्क्त के माध्यम से इन कर्मचारियों की डयूटी के प्रति लापरवाही की शिकायत प्राप्त हई थी जिसका संज्ञान लेते हये नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने चुनाव डयूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी हिदायत दी है कि वे अपनी डयूटी गंभीरता व निष्ठा से करे किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि च्नावी खर्च ओर्बर्जवर द्वारा भिवानी मे तीस अप्रैल को भिवानी महेन्द्रगढ़ संसदीय के प्रत्याशियों का चूनाव खर्च का ब्योरा दर्ज करने व उम्मीदवारों के शैडो रजिस्टर द्रूस्त रखने के लिये बैठक बुलाई थी

निर्वाचन अधिकारी अधिकारी ने बताया कि अगली तारीख पर उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कानुनी कार्रवाई की जायेगी

इस अवसर पर आज स्बह राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वैकेया नायड् ने प्रूष व महिला श्रमिकों केा बधाई दी

उप राष्ट्रपति ने आने संदेश में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों के कठिन परिश्रम और समपर्ण को सलाम करने का आहवान करते हये कहा कि उनके अधिकारों व सम्मान को बनाये रखने की सभी को सौगंध लेनी चाहिए हरियाणा में भी आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हआ भिवानी मे जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में मजदूर चेतना शिविर का आयोजन किया गया जिसमे पैनल अधिवक्ता नरेन्द्र काटीवाल ने श्रमिकों के अधिकारों के बारे में बताया इसके अलावा बंध्आ मजदूरी पर सरकार द्वारा लगाये गये अक्ंश व दी जा रही विभिन्न स्विधाओं बारे विस्तृत जानकारी दी गई

शिविर मे पैनल अधिवक्ताओं ने श्रमिकों के समाज के अहम योगदान बारे चर्चा करते हये उन्होंने उनके अधिकारों से परिचित करवाया उनकों श्रमिकों के कल्याण के लिये शुरू की गई सरकारी योजनाओ का लाभ लेने के लिये प्रेरित किया गया फरीदाबाद के विदयासागर इंटरनैशनल स्कूल में भी मई दिवस ध्मधाम से मनाया गया स्कूल के चेयरमैन ने इस मौके पर कहा कि मन्ष्य के पास श्रम सबसे बड़ी संपति है और श्रम ही जीवन है स्कूली बच्चों ने कर्मचारियों को फूल भेंट कर उनका सम्मान किया

यमुनानगर के नेहरू पार्क में विभिन्न मजदूर संगठनों दवारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया पेपर मिल में भी मजदूर दिवस मनाया गया मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ में चार र्म तक आंधी चलने और हलकी बारिश होने की संभावना जताई है

इस बीच हरियाणा में नारनौल हिसार भिवानी सहित अधिकतर जिलों में गर्मी का प्रकोप भी बढ़ा है

उधर यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है आज शाम को जिले के ज्यादातर इलाकों में चली धूलभरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया यम्नानगर जगाधरी आदि इलाकों में बिजली आपूर्ति की बाधित हई खराब मौसम से गेहं की फसल की कटाई व उठाई बाधित हो रही है वहीं खिजराबाद इलाके में आग लगने से गेहं की दो एकड़ की फसल जल गई अंधड़ से पाप्लर के पेड़ो को न्कसान पहंचा है और खेतों मे पड़ा गेहं का भूसा भी उड़ गया है हरियाणा में आज सड़क हादसों में चार लोग मारे गये

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रांजल को तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया परिजन बच्चे को एक निजी अस्पताल ले गये जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया प्लिस ने मौके पर कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया उधर सिरसा जिले के ओठां स्थित आईटीआई में आज स्बह हाईवोल्टेज तारों से लौहे के बने स्टैंड से टकरा जाने से दो छात्रों सहित तीन की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य छात्र झूलस गया

घायल की पहचान गांव न्हियावाली निवासी रमेश कुमार के रूप में हड्र है पलवल के जिलाधीश डा मनी राम शर्मा ने जिले में गेहं की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है उन्होंने बताया कि फस्ल को अवशेष् जलाने से एक तरफ पर्यावरण प्रद्रषित होता है वहीं इससे पैदा हये ध्ऐं से सड़कों पर हादसों का डर बना रहता है